राज्यों को चिकित्सा सम्बन्धी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आने पर संतोष व्यक्त किया कहा उपचार की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए प्रदेश में अब तक एक करोड़ बत्तीस लाख से अधिक कोविड के टीके लगाये गये

कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल देश में कोविड से संबंधित स्थिति की व्यापक समीक्षा की उन्हें विभिन्न राज्यों और जिलों में कोविड की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया

उन्हें उन जिलों के बारे में भी बताया गया जहां महामारी का ज्यादा प्रकोप है प्रधानमंत्री को राज्यों द्वारा बढाए गए चिकित्सा ढांचे के बारे में बताया गया श्री मोदी ने निर्देश दिया कि राज्यों को चिकित्सा संबंधी ब्नियादी स्विधाओं को बढाने के लिए सहायता और दिशा निर्देश दिए जाएं संक्रमण पर नियंत्रण के तुरंत और समग्र उपाय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई

श्री मोदी ने दवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की उन्हें रेमडेसिविर सहित दवाओं का तेजी से उत्पादन बढाने के बारे में भी बताया गया प्रधानमंत्री ने टीकों के बारे में प्रगति और अगले दो महीनों में इनका उत्पादन बढाने के रोड मैप की भी समीक्षा की

श्री मोदी ने वैक्सीन की बर्बादी के बारे में राज्यवार स्थिति की समीक्षा की

उन्होंने राज्यों की टीकों की जरूरतों के बारे में भी चर्चा की ताकि वहां टीकाकरण की गति धीमी न हो सके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले छः दिनों में प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलो में कमी आने पर संतोष व्यक्त किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन दो लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच आगे भी जारी रखी जाए उन्होंने कोविड मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने और शोषण करने वाले निजी अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में वेंटीलेटर बेड और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को कार्यशील रखा जाए श्री योगी ने कहा कि कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीज के स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी प्रतिदिन उनके परिजनों की दी जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी शनिवार से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में ई ओपीडी की व्यवस्था शुरू की जा रही है उन्होंने कहा कि जनपद की आबादी के अनुसार समेकित कमान और नियंत्रण कक्ष में फोन लाइन की संख्या को बढ़ाया जाए

इसे मिलाकर कुल संक्रमितों की संख्या दो करोड़ दस लाख से अधिक हो गई है

प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य लगातार चल रहा है स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक क्ल एक करोड़ बत्तीस लाख पचपन हजार नौ सौ पचपन टीके लगाये जा चुके हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश में अट्ठारह से पैंतालीस वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का भी टीकाकरण जारी है इस आयु वर्ग के अड़सठ हजार पांच सौ छत्तीस लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि राज्य में अट्ठाईस हजार नौ सौ दो लोगों को कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गयी जबकि छब्बीस हजार सात सौ अस्सी लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुयी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या दो लाख उन्सठ हजार आठ सौ चौवालीस है जो तीस अप्रैल को प्रदेश में दर्ज किये गये सक्रिय मामलों से लगभग इक्यावन हजार कम है अब तक राज्य में ग्यारह लाख इक्यावन हजार पांच सौ इकहत्तर लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं एक दिन पूर्व तीन सौ तिरपन लोगों की महामारी से मृत्यु हुयी है प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेज गति से जारी है बुधवार को दो लाख पच्चीस हजार छः सौ सत्तर नमूनों की जांच की गयी इनमें से एक लाख बारह हजार जांच आरटीपीसीआर विधि से की गयीं अब तक कुल चार करोड़ बाईस लाख अट्ठावन हजार तीन सौ तिहत्तर नमूनों की जांच की जा चुकी है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मीडिया की इन खबरों का खंडन किया है कि ऑक्सीजन कसंट्रेटर सीमा शुल्क विभाग के गोदाम में मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं मंत्रालय ने इन खबरों को पूरी तरह गलत और बे बुनियाद बताया केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया कि कस्टम विभाग के गोदाम में ऑक्सीजन का कोई भी कंसंट्रेटर लंबित नहीं है बोर्ड ने कहा कि सीमा शुल्क अधिकारी सभी खेपों को तुरंत मंजूरी दे रहे हैं विभिन्न देशों से तीन हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत को मिले हैं केन्द्र ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए अगले महीने से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करना अनिवार्य कर दिया है यह प्रमाण पत्र केवल विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पोर्टल के उपयोग से ही जारी किया जाएगा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है इस कदम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र की अखिल भारतीय वैघता और दिव्यांगजनों को लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया सुनिश्चित होगी

पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि यह दावा बेबुनियाद है कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर सही इलाज के लिये विश्वसनीय डॉक्टर से सलाह जरूर लें

पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी करार दिया है लोगों से अपील की गयी है कि वे ऐसे फर्जी संदेश को सोशल मीडिया पर साझा कर के भ्रम न फैलायें